माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पन्द्रह माओवादी मारे गए हैं वहीं एक महिला माओवादी घायल हो गई सुरक्षा बलों ने पांच लाख रूपए के एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार भी किया है प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पत्रकारवार्ता में बताया कि जिले के कोंटा भेज्जी और गोलापल्ली थाना क्षेत्र के बीच सुरक्षा बलों का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर दिया सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में पन्द्रह माओवादी मारे गए मौके से मुठभेड़ में घायल एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से सोलह देशी हथियार भी बरामद किए हैं श्री अवस्थी ने बताया कि इस अभियान को पूरा करने के बाद सुरक्षा बल के जवान अपने शिविर में सुरक्षित लौट आए हैं इधर माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता पर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी बस्तर के पूलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा सहित इस अभियान में शामिल सभी जवानों को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों के हौसले बढ़े हुए हैं उन्होंने कहा कि आज की मुठभेड़ में मिली सफलता के बाद माओवादियों के खिलाफ अभियान को और तेज करने में मदद मिलेगी आईपीएस तबादला राज्य सरकार ने बलौदाबाजार और बेमेतरा जिले के पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया है वहीं पांच अन्य आईपीएस अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं जारी आदेश के अनुसार प्रशांत अग्रवाल को बलौदाबाजार का और हेतराम मनहर को बेमेतरा को पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वहीं सरगुजा रेंज की पुलिस उपमहानिरीक्षक नेहा चंपावत और बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक डीके गर्ग को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है इसी कड़ी में आरपी साय को सरगुजा रेंज का नया उप महानिरीक्षक बनाया गया है आरएन दास को सातवीं वाहनी भिलाई दुर्ग का और टी एक्का को दूसरी वाहिनी बिलासपुर का सेनानी बनाया गया है

आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य प्रबंधन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सैनिक देश की खातिर अपनी सर्वोच्च वीरता दिखाते हैं इसलिए देश और समाज का कर्तव्य है कि वे भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की चिंता करे तथा उनकी हरसंभव मदद करें इस अवसर पर राज्यपाल ने सैनिक कल्याण निधि के लिए स्वेच्छा अनुदान से ढाई लाख रूपए देने की घोषणा की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को समेकित निधि से आर्थिक सहायता देने के लिए वार्षिक आय सीमा को छह लाख रूपए से बढ़ाकर आठ लाख रूपए किया गया है इसके अलावा पूर्व सैनिकों की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को इकतीस हजार से बढ़ाकर इंक्यावन हजार रूपए कर दिया गया है दूसरे विश्व युद्ध के गैर पेंशनधारकों को अब चिकित्सा सहायता एक हजार के बदले तीन हजार रूपए मिलेगी भूतपूर्व सैनिकों के विशेष आश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को पन्द्रह सौ रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता अब उनके माता पिता के जीवित रहते हुए भी दी जाएगी गौरतलब है कि पूर्व में यह सहायता माता पिता के निधन के बाद ही दी जाती थी मुख्यमंत्री पेंशन योजना प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री पेंशन योजना की राशि अब सभी हितग्राहियों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा की जाएगी इसके लिए यदि किसी आवेदक का बैंक खाता नहीं है तो आवेदन मंजूर होने के तुरंत बाद अपना बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नजदीकी ग्राम पंचायतों से आवेदन पत्र लेकर वहीं जमा करना होगा जबकि शहरी क्षेत्रों के आवेदक अपने संबंधित नगरीय निकायों में आवेदन जमा कर सकेंगे गौरतलब है कि सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित करीब पांच लाख लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना पिछले एक वर्ष से संचालित की जा रहा है इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए विधवा या परित्यक्ता के लिए आयु सीमा अट्ठारह वर्ष या उससे वहीं अधिक निर्धारित की गई है कांग्रेस पी एल पुनिया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सभी नब्बे सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा सितंबर तक कर देगी आज जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस महीने के अंत तक सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम भेज दिए जाएंगे नवाचार केन्द्र सरकार ने नवाचार के प्रयासों के तहत एक सौ बारह करोड़ रुपये लागत की अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है गौरतलब है कि समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने यह अभियान शुरू किया है इस बीच प्रदेश के बिलासपुर में भी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा अटल टिकरिंग लैब योजना शुरू की गई है इसका उद्देश्य छात्रों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करना है इसके तहत जिले के दो शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है जहां बीस लाख रूपए की स्थापना नवाचार संबंधी अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी

क्छ ऐसा ही कर दिखाया है बिलासपूर जिले के आमाडांड गांव की महिलाओं ने ये महिलाएं दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मदद से आर्थिक स्वालंबन की नई इबारत लिख रही है पेश है एक रिपोर्ट वॉयस ओवर बिलासपुर जिले के पेंड्रा विकासखंड में आमाडांड गांव की महिलाओं ने दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है इन महिलाओं ने किराना दुकान मनिहारी सब्जी और होटल जैसे काम अपने हाथ में लिए हैं वहीं कुछ अन्य महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई के अपने हुनर को आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया है ये महिलाएं अपने स्वतंत्र कारोबार से जहां एक ओर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है

इन महिलाओं की सफलता से यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन से ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है खास बात यह है कि गांव की महिलाएं समूह बनाकर अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं और आत्मनिर्भरता की अलख जगा रही हैं मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं भारी से अतिभारी वर्षा होने की चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई है वहीं आगामी चौबीस घंटों के बारे में मौसम विभाग ने एक दो स्थानों पर भारी से अतिभारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है

वहीं इसी जिले के गिधौरी गांव के तालाब में डूबने से बारह वर्षीय एक अन्य बच्चे की मौत हो गई इसके अलावा जिले के तिलई गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन की चपेट में आने से पांच मवेशियों की मौत होने की खबर है

वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया